मुख्यमंत्री आज शिमला से ऊना के सिंगा में क्रेमिका फूड पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन करने के उपरांत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे थे केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया

पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद शांता कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विकासोन्मुखी बजट पेश किया है जो विकास प्रक्रिया को और मजबूत करेगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बजट को सर्वहितैषी और विकासोन्मुखी बताया है विधायक जे आर कटवाल ने बजट में गेहड़वीं में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय आरम्भ होगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रही है और संगीत को भी प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूलों में संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर विद्यालय में संगीत अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे शिक्षा मंत्री आज कांगड़ा जिला के देहरा के राधा कृष्ण मंदिर में कमलावती सूद मैमोरियल भजन प्रतियोगिता के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का समय है और विद्यार्थी संगीत में भी अपना भविष्य बना सकते हैं जोकि उनके लिए रोज़गार का साधन भी बन सकता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा शांता कुमार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रदेश से बाहर रह रहे हिमाचलियों से राज्य की समृद्व परम्पराओं और अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने का आह्वान किया है

उन्होंने कहा कि हिमाचली होना गर्व की बात है क्योंकि हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए विकास के आदर्श के रूप में उभरा है और प्रदेश के विकास की राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर सराहना हुई है शांता कुमार ने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाओं के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों को सम्मानित भी किया बसंत पंचमी आज बसंत पंचमी का पर्व प्रदेशभर में ध्रमधाम से मनाया गया इस मौके पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई कुल्लू में बसंत पंचमी के मौके पर भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई भगवान रघ्नाथ के प्रथम सेवक व छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि बसंत पंचमी को कुल्लू में भरत मिलाप के रूप में मनाया जाता है

आज से ही कुल्लू में होली पर्व की शुरूआत भी हुई शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस अवसर पर कुंभ मेले में तीसरा व अंतिम शाही स्नान हुआ जिसमें लाखों श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई मौसम प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है शिमला ज़िला की सभी प्रमुख सड़कों पर आज यातायात बहाल कर दिया गया उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग ठियोग हाटकोटी और ठियोग चौपाल सड़कों पर यातायात बहाल हो गया है उन्होंने कहा कि ज़िले की अधिकांश संपर्क सड़कों पर भी यातायात तुरंत बहाल करने के प्रयास जारी हैं उधर जनजातीय ज़िला किन्नौर और लाहौल स्पीति तथा चम्बा ज़िला के पांगी व भरमौर में जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है लाहौल स्पीति में सभी सड़कें यातायात के लिए बंद हैं और संचार सेवाएं भी बाधित हैं

मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में फिर से वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है